प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की होगी बैठक

और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि राज्य के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों को सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उन्होंने कहा कि इस बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए एक सौ बिस्तरों वाला एक अलग वार्ड बनाने के निर्देश जारी किये गये हैं बीमार बच्चों के लिए नौ और एम्ब्रलेंस गाडियां मंगाई गई हैं श्री पाण्डेय ने कहा कि और अधिक संख्या में शिशु रोग विशेषज्ञ तैनात किए गये हैं और मुजफ्फरपुर में स्थानीय डाक्टरों की मदद के लिए केन्द्रीय डाक्टरों का एक दल भेजा गया है इस बीच मुजफ्फरपुर के विभिन्न अस्पतालों में दिमागी बुखर से पीड़ित इकतीस और बच्चों को भर्ती कराया गया है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और नीति आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्यों को अनाज उपलब्ध कराती है श्री पासवान ने कहा कि दो हजार बाईस तक बिना किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के गरीबों को शौचालय सहित आवास बिजली और घरेलू गैस कनेक्शन मुहैया करा दिये जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे नई सरकार के गठन के बाद शासी परिषद की यह पहली बैठक होगी शासी परिषद् पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगा इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ ही प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उठायेंगे शासी परिषद् एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतरक्षेत्रीय अंतरविभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा का मंच है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों को तीन माह के अंदर लंबित परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्देश दिया है राजभवन में विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों को संबोधित करते हुये उन्होंने लंबित परीक्षाओं की तिथि जल्द ही घोषित करने और कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया औरंगाबाद जिले के नवीनगर में बिहार सरकार और एनटीपीसी के साझा बिजली घर से उत्पादन का ट्रायल शुरू हो गया है बिजली घर की छह सौ साठ मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई से अभी पांच सौ मेगावाट तक बिजली उत्पादन हो रहा है नवीनगर से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने पर इसका पच्चासी फीसदी हिस्सा बिहार को मिलेगा ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि नवीनगर से बिजली को व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने पर बिहारवासियों को और अधिक बिजली मिलेगी इससे सभी लोगों को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा राज्य सरकार ने चार अपर पूलिस महानिदेशक समेत भारतीय पूलिस सेवा के सत्रह पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार ए के अम्बेडकर को अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं एवं वितंत्र बी श्रीनिवासन को अपर पुलिस महानिदेशक एससीआरबी एवं आध्रनिकीकरण के पद पर पदस्थापित किया गया है जितेंद्र कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जबकि कुंदन कृष्णन को अपर पुलिस महानिदेशक सह अपर असैनिक सुरक्षा आयुक्त पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है इसके अलावा विकास वर्मन को समस्तीपुर का पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार को पटना पूर्वी नगर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार को लखीसराय का पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता को बांका का पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन प्रथम को अरवल का पुलिस अधीक्षक और राजीव रंजन द्वितीय को बगहा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है मैट्रिक परीक्षा दो हजार इक्कीस में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बीस से तीस जून के बीच ऑनलाइन भरे जायेंगे यह रजिस्ट्रेशन नौवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिये होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि आवेदन प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है उन्नीस जून तक इसे डाउनलोड किया जा सकता है और बीस से तीस जून के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा राजधानी पटना समेत प्रे प्रदेश में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पाकिस्तान और राजस्थान की ओर से आ रही गर्म और शृष्क पछ्आ हवा के कारण तापमान में औसत से चार से सात डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है पटना में अठारह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली पछुआ हवा के कारण लू जैसी स्थिति बनी रही रात नौ बजे तक शहर का तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा मौसम विभाग के अनुसार बीते चौबीस घंटों के दौरान पटना का तापमान सामान्य से सात डिग्री उपर दर्ज किया गया पटना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और तापमान तैंतालीस डिग्री के उपर बना रहेगा वहीं सत्रह जून से उन्नीस जून के बीच हल्की बारिश और आंधी पानी की संभावना है इधर अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान वायु के कारण दक्षिण पश्चिम मॉनसून की गति धीमी पड़ गयी है जिससे बिहार सहित समूचे पूर्वी भारत में मॉनसून की बारिश के लिये इंतेजार लंबा हो गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसायटी पटना चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रधान पार्थसारथी ने बताया कि बिहार में मॉनसून के अब पच्चीस जून तक प्रवेश के आसार हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने कहा कि रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल न्यायालय के लिए आवंटित भूमि पर जल्द ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा डेहरी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के बाद अनुमंडलीय न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिये न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी आज विश्व वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार निषेध जागरूकता दिवस है बुजुर्गो के प्रति दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर वर्ष पंद्रह जून को यह दिवस मनाया जाता है इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी संकुल समन्वयकों के कार्यों की समीक्षा कराने का निर्णय लिया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा है उन्होंने समीक्षा के बाद रिपोर्ट भी मांगी है बिहार की बालक और बालिका टीम चंडीगढ़ में खेली जा रही यूथ नेशनल सेवेन ए साइट रग्बी फ्टबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी है बिहार बालिका टीम ने पंजाब को बत्तीस शून्य से जबकि बालक टीम ने मध्य प्रदेश को छब्बीस सात से पराजित किया बिहार राज्य सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कोलकाता में चिकित्सकों से मारपीट के खिलाफ डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को सुर्खी बनाते हुये लिखा है डॉक्टरों का देशभर में प्रदर्शन इस्तीफे इस खबर के साथ अखबार ने तस्वीर और अन्य तथ्य प्रकाशित किये हैं दैनिक जागरण ने झारखण्ड के सरायकेला में नक्सली हमले से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुये शीर्षक लगाया है नक्सली हमले में आरा के जवान सहित पांच शहीद दैनिक भास्कर ने बिहार में व्रद्धजनों के लिये पेंशन योजना से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है साढ़े छत्तीस लाख बुजुर्गों को दी जायेगी पेंशन एक लाख पैंतीस हजार के खाते में जमा की गई रकम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की होगी बैठक

और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी